मास्क पहनें दो गज की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखे हाथ और मुंह साफ रखें

इसके तुरन्त बाद मतगणना तथा नतीजों की घोषणा की जायेगी

इन निकायों में अलवर जिले के बहरोड और खेडली भरतपुर के बयाना तथा डीग और श्रीगंगानगर जिले के रायसिंहनगर शामिल है सभी निकायों के लिए कल उपाध्यक्ष चुने जाएंगे हमारे सवाईमाघोपुर और करौली संवाददाता ने बताया कि जिले में मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई है स्वास्थ मंत्रालय ने कहा है कि कोविड का टीका लगवाना स्वैच्छिक होगा हालांकि मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि पहले कोविड संक्रमण हो चुका है तब भी कोविड वैक्सीन ली जानी चाहिए क्योंकि इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी कोविड संबंधी संमावित प्रश्नों के उत्तरों की श्रृंखला में मंत्रालय ने कहा है कि भारत में विकसित होने वाली कोविड वैक्सीन अन्य देशों में विकसित वैक्सीन जैसी ही असरकारक होगी देश में वैक्सीन का परीक्षण विभिन्न चरणों में है और सरकार इस वैक्सीन की खुराक लोगों को जल्द देने की तैयारी कर रही है

इस बीच राजधानी जयपुर में भी कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन को वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है अब तक दो सौ स्वयंसेवकों को वैक्सीन दी जा चुकी है द्रायल के प्रिन्सिपल इन्वेस्टिगेटर डॉ मनीष जैन ने बताया कि पूरे दिसंबर माह वैक्सीन को परीक्षण चलेगा

केन्द्र सरकार की ओर से लोगों में कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए आंदोलन चलाया जा रहा है इसी के तहत आकाशवाणी से जुड़ते हुए प्रसिद्ध मोहन वीणा वादक विश्वमोहन भट्ट ने लोगों से ऐहतियाती उपाय बरतने की अपील की है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

इस बीमारी से कल एक हजार दो सौ उनसठ लोग ठीक हुए है

राज्य सरकार के कार्यकाल के दो साल पूरा होने के उपलक्ष्य में विभिन्न मंत्री अपने प्रभार वाले तथा अन्य जिलों का दौरा कर रहे हैं इस अवसर पर कल झालावाड़ में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल और गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कोरोना जागरूकता रथ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया उन्होंने जिले में राज्य सरकार की फ्लेगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए उघर चित्तौडगढ़ में परिवहन मंत्री प्रतापसिंह और सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने अधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं की समीक्षा की सवाईमाधोपुर में युवा मामले और खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना आज विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेगें अजमेर जिले के किशनगढ एयरपोर्ट से आज से सूरत के लिये भी फ्लाइट शुरू होगी

इससे पहले यहां से दिल्ली हैदराबाद अहमदाबाद और इंदौर लिए हवाई सेवा जारी थी